मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ महेंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति में महात्मा गाँधी नरेगा कृषि सिंचाई योजना वॉटर शेड और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्मित संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया गया इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने लोगों से वर्चुअली संवाद भी किया

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक नई दिल्ली में शाम पांच बजे संयुक्त रूप से इस वेबसाइट को शुरू करेंगे पीएम शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जनस्वास्थ्य और जलवायु स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हए और यही दोनों हमारे भविष्य का फैसला करेंगे

उन्होंने कहा कि इस समय जरूरत यह है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा उल्लेखनीय परिणाम दे सकते हैं उन्होंने कहा कि भारत मानवीय केंद्रित रवैये को ज्यादा महत्व देता है प्रदेश कोरोना प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है

पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में पुलिस कर्मियों के लिए बनाए गए दो सेंटर्स कम पड़ गए संख्या तीन करने के बाद भी कतारें देख अधिकारियों को सेट पर मैसेज करना पड़ा

समझौता ज्ञापन प्रदेष के स्थानीय नगरीय निकायों के कर्मियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य षासन के नगरीय विकास और आवास विभाग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम इंदौर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं

दीनदयाल पुण्यतिथि मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों किसानों श्रमिकों और मध्य वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनायेंगे श्री मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श अब भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं

आज जिला कलेक्टर ने कोविड का टीका लगवाया

सतना जिले के चित्रकूट में भी बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने मंदाकिनी नदी में रनान किया और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा लगाई ऑकारेश्वर उज्जैन में भी बडी संख्या में श्रद्दालुओं ने पूजा अर्चना की